कांग्रेस ने निकाय चुनाव में सफलता को सरकार की जवाबदेही पारदर्शिता और सुशासन पर जनता की मुहर बताया भाजपा ने कहा कांग्रेस को प्रदेश में उनकी सरकार होने का फायदा मिला

प्रदेश में अधिकांश नगर निकायों में कांग्रेस को बढ़त मिली है

वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दो नगर निगम तीन नगर परिषद और पांच नगर पालिकाओं में बहमत लिया है कई निकायों में कांग्रेस और भाजपा बराबरी पर रहे हैं तो कहीं निर्दलियों ने बाज़ी मारी है

वहीं तीन सीटों पर बसपा जीती है

दौसा जिले की महुआ नगर पालिका में सबसे ज्यादा सीटें निर्दलियों ने जीती हैं जबकि कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही है

उदयपुर जिले के कानोड नगर पालिका में असमंजस की स्थिति बन गई है

बीकानेर नगर निगम में भाजपा को बढ़त मिली है इसी तरह उदयपुर नगर निगम में भी भाजपा ने ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली सफलता को सुखद बताते हुए कहा कि यह संवेदनशील जवाबदेह पारदर्शी और सुशासन पर जनता की मुहर है

कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी ने कड़ी से कड़ी जोड़कर महत्वपूर्ण जीत हासिल की है उन्होंने कहा कि पार्टी इन चुनावों में मिले जनादेश का सम्मान करते हुए प्रदेश के कल्याण के लिए और मेहनत से काम करेगी दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चन्द कटारिया ने कहा कि कांग्रेस को उसकी सरकार होने का फायदा इन चुनावों में मिला है

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में सांसदों ने आज केन्द्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और संसद के मौजूदा तथा पूर्व सदर्स्यो ने भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की प्रदेश में कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों की ओर से श्रद्दांजलि कार्यक्रम रखे गये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हे याद किया इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होने कहा कि इंदिरा गांधी के योगदान को देश में हमेशा याद रखा जाएगा इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर आज जयपुर मेट्रो में छात्राओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है

इस बार गोल्डन पीकॉक रेट्रोस्पेक्टिव और गोल्डन लाइनिंग जैसे विशेष क्यूरेटेड सेक्शन पहली बार पेश किए गए हैं

फिल्म जगत की प्रख्यात हस्ती रजनीकांत को विशेष गोल्डन आइकन ऑफ गोल्डन जुबली से सम्मानित किया जाएगा

शिविर में शहीद जवानों के आश्रितों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी ब्रंदी जिले के हिण्डौली तहसील के नेत गांव में तालाब में ड्रूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई श्रीगंगानगर में एक निजी संस्था की ओर से अश्व मेले का आयोजन किया जा रहा है इसमें राजस्थान पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश से घोड़े लाये गये हैं